देश में संक्रमण से ठीक होने की दर बयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हुई

सत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासियों के

गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर म्यामां के बाईस नागरिकों को तब्लीगी जमात से जूड़े होने के संदेह में आव्रजन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है उन्हें म्यामां एयरवेज की विशेष उड़ान में सवार होते समय गिरफ्तार किया गया गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि दिल्ली पुलिस ने म्यामां नागरिकों के विरुद्ध ल्कआउट नोटिस जारी किया था इस संबंध में दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया गया है उन्होंने बताया कि इन सभी को दिल्ली भेजा जायेगा क्योंकि इन पर स्थानीय स्तर पर कोई मामला दर्ज नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि इससे महामारी के फैलाव की दर धीमी हुई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से अनेक लोगों की मृत्यू और संक्रमण को रोका जा सका है भारत में कोविड उन्नीस महामारी की मृत्युदर दो दशमलव आठ छह प्रतिशत है जबकि विश्व स्तर पर इसकी औसत दर छह दशमलव तीन छह प्रतिशत है इसके साथ ही पूर्णबंदी के दौरान देश में कोविड उन्नीस से संबंधित विशेष बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है टीका अनुसंधान को बढ़ावा मिला है और आरोग्य सेतु के रूप में महामारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने वाली प्रणाली सुदृढ़ हुई है इस एप से ग्यारह करोड़ चालीस लाख लोगों के जुड़ने से यह विश्व का सबसे बड़ा एप बन गया है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स की गठिया रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने कहा कि लॉकडाउन देशभर में कोरोना वायरस की रोकथाम में बहुत कारगर साबित हुआ है बाईट लॉकडाउन इंडिया में बहुत ही इफेक्टिव रहा है इस वायरस का स्परेड स्लो डाउन करने में और इससे जो कि पीक आनी थी उसका मतलब ये है कि जहां पर केसेज बहुत ज्यादा होते और जो हमारा इंडियन हेत्थ इंफ्रास्टक्चर है हेल्थ सिस्टम है वो कंपलीटली कोलेप्स हो जाता जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीस में हुआ है और लॉकडाउन ने पूरा वक्त दिया जिससे कि जो हैत्थ इंफ्रास्टक्चर है उसको बिल्डअप कर सकें प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने के साथ ही राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पिछले एक सप्ताह के अन्दर मामलों की संख्या दोगुनी हो गयी है उन्नीस मई को जहां पॉजिटिव मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ उन्नीस थी वहीं अब यह बढ़कर तीन हजार छत्तीस हो गयी है

सबसे अधिक पन्द्रह मामले अररिया से सामने आये हैं मधेप्रा से नौ सीतामढ़ी से छह अरवल से पांच दरभंगा सारण और कैमूर से चार चार सहरसा बेगूसराय पूर्णियां और औरंगाबाद से तीन तीन मुजफ्फरपुर और सुपौल से दो दो तथा वैशाली किशनगंज पटना सीवान और नवादा से एक एक पॉजिटिव मामले आये हैं उत्तर बिहार के दो प्रशासनिक अधिकारी और मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच के एक चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कोविड उन्नीस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नौ सौ अठारह हो गयी है जबकि अब तक पन्द्रह लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख अंठावन हजार तीन सौ तैंतीस हो गई है अब तक सड़सठ हजार छह सौ बानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार पांच सौ इकतीस लोगों की मौत हई है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने बिहार समेत सात राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में मिल रही छूट को लेकर चेतावनी जारी की है संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन में अधिक छूट मिलने से संक्रमण के मामलों में अत्यधिक बढ़ोतरी हो सकती है इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि लॉकडाउन में छूट विशेष परिस्थितियों में दी जा रही है और सरकार इसकी पूरी निगरानी कर रही है

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने स्वास्थ्य संबंधित आधारभूत ढांचा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुये सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी लोगों की स्क्रीनिंग के लिए एक बार फिर पल्स पोलियो की तर्ज पर विशेष अभियान चलाया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों में आने वाले रोगियों की पहले बुखार की जांच की जायेगी साथ ही देखा जायेगा कि मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की क्या मात्रा है इसके बाद ही मरीज को आगे इलाज के लिए भेजा जायेगा यदि मरीज बुखार से प्रभावित पाया जाता है तो उसका पूरा विवरण लिया जायेगा ताकि उसके कोरोना संक्रमित होने की पहचान की जा सके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने पटना स्थित आरएमआरआई को कोविड उन्नीस जांच के लिए अत्याध्रनिक कोबास मशीन उपलब्ध करा दिया है इस मशीन से एक बार में बारह सौ नमूनों की जांच हो सकेगी विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आपको सच्चाई से अवगत कराती है सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित एक वीडियो में एक बच्चे को उसकी मृत मां के साथ एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया है भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि महिला के परिवार ने तेईस मई को गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के कटिहार तक की रेल यात्रा करने से पहले ही उसके बीमार होने की पुष्टि की थी रेलवे ने कहा है कि निधन के बाद उसके परिवार ने पच्चीस मई को उसके शव को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया रेलवे ने लोगों से तथ्यहीन रिपोर्टों के आधार पर किसी भी अफवाह या फर्जी खबर को फैलाने और उसका समर्थन नहीं करने को कहा है प्रदेश में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के माध्यम से दूसरे राज्य से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है आज उनासी रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख उनतीस हजार लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे दूसरे राज्यों से बिहार लौटे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्लस्टर बनाये जायेंगे उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि विकसित किये जाने वाले क्लस्टर के लिए नई तकनीक और मशीनरी की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी उन्होंने बताया कि सरकार प्रत्येक जिले में दो लघु क्लस्टर बनाने पर काम कर रही है श्री रजक ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के अनुरूप क्लस्टर का विकास किया जायेगा और इससे स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जायेगा लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग ने बिहार में आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से एक दिन में तीन लाख सत्ताईस हजार लोगों को भुगतान सुनिश्चित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार झारखंड सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इस मामले में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है

हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि दरभंगा मध्रबनी सीतामढ़ी सहरसा सुपौल और मधेपुरा में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी ट्रफ लाईन के कारण बारिश की सम्भावना बनी हुई है राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है जबकि शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है इधर तेज पूरबा हवा के कारण प्रदेशभर के अधिकतम तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है कल लखीसराय और बांका जिले में आई आंधी से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी राज्य में टिड़डी के प्रकोप की आशंका को देखते हये कृषि विभाग ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अधिक निगरानी के आदेश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में बिहार को सूचनाओं से अवगत कराने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी है श्री कुमार ने बताया कि टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव की तैयारी की गयी है गोपालगंज तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड में स्थानीय विधायक अमरेन्द्र पांडेय की संलिप्तता की जांच हो रही है उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी प्राथमिक शिक्षकों के लगभग नब्बे हजार पदों के लिए छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में अठारह महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने जुलाई दो हजार उन्नीस में आयोजित सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले साल दिसम्बर महीने में आयोजित सीटीईटी परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा विभाग ने कहा है कि चूंकि इस चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि ग्यारह नवम्बर तक ही निर्धारित थी इसलिए यह फैसला किया गया है मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए परीक्षार्थी कल से बारह जून तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रति विषय सत्तर रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है पटना के बेली रोड स्थित ललित भवन के पास एक निर्माणाधीन फ्लाई ओवर के स्लैब से दबकर तीन बच्चों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि सभी बच्चे निर्माण स्थल के पास खेल रहे थे तभी स्लैब का एक ट्रकड़ा नीचे गिर गया जिससे यह हादसा हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुःख जताते हुये सभी बच्चों के परिजनों को चार चार लाख रूपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन हजार को पार करने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर लिखता है बिहार में मरीजों का आंकड़ा तीन हजार पार एक दिन में सबसे अधिक एक सौ अठारह ठीक होकर घर लौटे हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में एक हफ्ते में ही मरीज दोगुने प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है जो सरकारी भवन कार्यरत नहीं वहां बने आईसोलेशन केन्द्र दैनिक जागरण की सुर्खी है सीबीएसई ने बारहवीं की बची परीक्षाओं के लिए छात्रों को दी राहत जो छात्र जहां हैं वहीं से दे सकेंगे परीक्षा आज और राष्ट्रीय सहारा ने पटना के बेली रोड में हुये हादसे में तीन बच्चों की मौत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

देश में संक्रमण से ठीक होने की दर बयालीस दशमलव चार पांच प्रतिशत हुई

सत्तर प्रतिशत से अधिक मामले प्रवासियों के